आज नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठायेंगे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जयपुर जिले में नीम हकीमों और झोला छाप डॉक्टरों पर कसी जायेगी नकेल

डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा और मरीजों के समय पर उपचार के लिये हर संभव कदम उठा रही है

वे वहां के मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी से मांग कर रहे है कि वे बिना शर्त माफी मांगे प्रदेश में भी रेजीडेंट डॉक्टरों ने दो घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया और बाद में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कर रहे है

प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद् की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे नई सरकार के गठन के बाद शासी परिषद की यह पहली बैठक होगी बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल केबीनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे उम्मीद है कि बैठक में किसानों की दशा सूखा और सुरक्षा जैसे मुददों पर विचार विमर्श होगा इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने बैठक में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में भाग लेने के लिये नई दिल्ली पहंच चुके है श्री गहलोत बैठक में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किर्गिज़्तान की दो दिन की सफल यात्रा के बाद आज नई दिल्ली लौट आए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है किर्गिज़्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी मानवीय शक्तियों को एकजुट होना होगा प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी अपील की

इस कार्यक्रम में प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वय हेतु उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हे उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों से समन्वय रखते हुए प्रत्येक गांव ढाणियों सभी सरकारी अर्द्वसरकारी निगमों प्रतिष्ठानों आबादी क्षेत्र की खाली भूमियों विभागीय परिसरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर सम्मानित करने तथा असहयोग और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है जयपुर जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने एक आदेश जारी कर जिले में अवैध खनन और बजरी की प्रभावी रोकथाम के लिए उपखण्डवार दलों का गठन किया है अभियान के नोडल प्रभारी अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ होंगे ये दल अपने अपने क्षेत्र में संयुक्त रूप से अभियान संचालित कर अवैध बजरी खनन और निर्गमन पर रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ये दल प्रत्येक सोमवार को नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है

पाली के बिठौडाकलां में बिजली का करंट लगने से एक लाईनमैन की मृत्यू हो गई जबकि डूंगरपुर में दो लोगों की सड़क दूर्घटना में मौत हो गई पहली घटना में बाईक संवार दो युवको की एक बेस से टकरा जाने से एक युवक की मृत्यू हो गई और एक घायल हो गया जबकि दूसरी घटना में दो मोटरसाईकिल की आपसी टंक्कर में एक युवक ने मौके पर ही दम तौड दिया और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया उधर सवाईमाधोपुर में जीप की टक्कर से एक बाईक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया उसे उपचार के लिये जयपुर लाते समय उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई जयपुर जिले में नीम हकीमों और झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाने पर कार्यवाही के लिये एक समिति का गठन किया गया है जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह टीम अवैध चिकित्सकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवा सकेगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भरतपुर के दल ने पिछले तीन दिनों तक रणथम्भौर रोड पर बडी संख्या में संचालित होटलों में प्रद्षण और कंचरा निपटाने के इंतजामों का जायजा लिया इस दौरान दल को अनेक होटलों में खामियां मिली जांच के दौरान दल ने होटलों से प्रद्षण नियंत्रण और नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त किये अब इन होटलों को नोटिस जारी किये जायेंगे